मतदान के लिए समी तैयारियां पूरी हो गई है

इन सीटो पर सुरक्षा कारणों से मतदान सुबह सात बजे शुरू होगा और और तीन बजे समाप्त हो जायेगा इस चरण की शेष आठ सीटो पर मतदान सुबह आठ बजे शुरू होगा और शाम पांच बजे तक चलेगा

इसके अलावा वायु सेना के कई हेलीकाप्टर भी तैनात किए गए है दुर्गम तथा सुदूर इलाकों में मतदान दलों को मतदान केन्द्रों तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए हेलीकाप्टर का इस्तेमाल हो रहा है पिछले चुनाव में नक्सलियों के हेलीकाप्टर पर हमला करने की घटना के मद्देनजर पायलटों को इस बार विशेष हिदायते जारी की गई है मतदाता जागरूकता प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करने के लिये मतदाताओं को विभिन्न कार्यकम आयोजित कर जागरूक किया जा रहा है लोगों में मतदान का अलख जगाने के लिये अब आगरमालवा जिले में भजन कीर्तन का भी सहारा लिया जा रहा है इसके लिये भजन मंडली के कलाकार मालवी लोकशैली के लोकगीतों कबीर के भजनों के साथ ही मतदाता जागृति से जुड़े गीतों को गाकर ग्रामीणों के बीच जनजागरण किया जा रहा है इसी क्रम में कल आगर विधानसभा क्षैत्र के ग्राम तनोड़िया स्थित गायत्री उद्यान परिसर में मतदाता जागरूकता के लिये बनाये गये इलेक्शन पार्क में भजन मंडलियों ने भजनों के माध्यम से ग्रामीणों को उनके मत के महत्व तथा अधिकार के बारे में विस्तार से समझाया इस दौरान ग्रामीण मतदाताओं को मतदान करने प्रक्रिया ईव्हीएम और वीवीपैट के बारे में बताया गया

रैली के समापन पर सभी से मतदान करने की अपील भी की गई

शिवपुरी जिले में भी निर्वाचन कार्यालय ने इससे संबंधित तैयारियां पूरी कर ली हैं

कल जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल जैन ने तैयारियों की समीक्षा की इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट स्ट्रांग रूम का निरीक्षण भी किया

वहीं मतदान के लिए विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है जिससे अधिक से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके जिले में संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे

नामांकन पत्रों की वापसी के तुरंत बाद शेष रहे उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में जनजातीय साहित्य महोत्सव के नाम से आयोजित इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में जनजातीय लेखक और साहित्यकार मुख्य रूप से शिरकत करेंगे वहीं देश के आदिवासियों पर अध्ययन करने वाले विषय विशेषज्ञ मी शामिल होंगे महोत्सव में जनजातीय साहित्य भाषा और संस्कृति पर केंद्रित प्रदर्शनी और अन्य आयोजन होंगे इस समारोह में आदिवासियों से जुड़े परंपरागत पकवानों का भी लोग लुत्फ उठा सकेंगे सड़क हादसा कटनी में कैमोर मार्ग पर कल रात एक सड़क हादसे में मोटर सायकल सवार तीन लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है

इस मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है वहीं जबलपुर जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्रों में हये दो सड़क हादसों में एक बालक सहित दो लोगों की मौत हो गई है पुलिस सूत्रों के अनुसार जिले के गोसलपुर थाना क्षेत्र के बुढागर के पास कल एक ट्रक ने एक मोटरसायकल को टक्कर मारने से एक बारह वर्षीय बालक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई जबकि गंभीर रूप से घायल दो लोगों को उपचार के लिये अस्पताल में भर्ती कराया गया है वहीं पनागर थाना क्षेत्र में कुशनेर गांव के पास कल एक कार की चपेट में आने से मोटर सायकल सवार एक व्यक्ति की घटना स्थल पर मौत हो गई

ट्वेटी ट्वेंटी महिला क्रिकेट में भारत आज आईसीसी विश्व कप ट्वेंटी ट्वेंटी के अपने दूसरे ग्रुप मैच में पाकिस्तान से खेलेगा मैच भारतीय समय अनुसार रात साढ़े आठ बजे गयाना में शुरू होगा

वहीं भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच तीसरा और आखरी ट्वेंटी ट्वेंटी मैच आज शाम सात बजे से चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जायेगा

जसप्रीत बुम्रा उमेश यादव और स्पिनर कुलदीप यादव को इस मैच से आराम दिया गया है जबकि सिद्वार्थ कौल को टीम में शामिल किया गया है